अपने संदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनिल अरोड़ा ने कहा कि इस बार महिला मतदाताओं सैनिकों दिव्यांग मतदाताओं और पहली बार मतदान कर रहे युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए सक्रिय रुप से मतदान करने का आह्वान किया है अरुणाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चूनाव करने के लिए राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है पुलिस उपमहानिरीक्षक और चुनाव सुरक्षा के नोडल अधिकारी सुनील गर्ग ने बताया कि राज्य पुलिस बल के सभी अधिकारी और जवान चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए है वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पैतालीस कंपनियां तैनात की गई है प्रदेश में जगह जगह नाके स्थापित किए गए हैं और राज्य में प्रवेश करने वालों पर नजर रखी जा रही है अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कालिंग तायेंग ने मतदाताओं से कल लोकसभा और विधानसभा के लिए निडर होकर मतदान करने की अपील की है उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वे भी ड्राईविंग लाईसेंस पैनकार्ड आधारकार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र से मतदान कर सकते हैं मतदान का समय सुबह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक है राज्य में लोक सभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं प्रदेश में कुल दो हजार दो सौ दो मतदान केंद्र है जिसमें से एक सौ छब्बीस अति संवेदनशील और छह सौ छानवें संवेदनशील मतदान केंद्र है स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है राज्य की दो लोकसभा सीटों अरुणाचल वेस्ट और अरुणाचल ईस्ट के लिए बारह उम्मीदवार मैदान में है जबकि विधानसभा के लिए एक सौ इक्यासी उम्मीदवार अपना भाग्य अजमा रहे हैं असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियों पूरी कर ली गई हैं राज्य में कल पांच सीटें लखीमपुर तेजपुर कोलियाबोर डिब्रगढ़ और जोरहाट में मतदान होगा इन सभी सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेकानंद फूकन ने कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य बल तैनात किए गए हैं पिचहत्तर लाख से अधिक मतदाता नौ हजार पांच सौ चौहत्तर ब्रथों पर मतदान करके दो महिलाओं सहित इकतालीस उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे मतदान अधिकारी इवीएम और मतदाता दृष्टि पर्ची के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं श्री फ्रकन ने बताया कि कई चुने हुए मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग और विडियों रिकार्डिंग की व्यवस्था की गई है कई मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला अधिकारियों द्वारा किया जायेगा भारतीय स्टेट बैंक ने आज से सभी अवधियों के लिए ब्याज की दरों में पांच आधार अंक की कटौती कर दी है कल जारी एक विज्ञप्ति में एसबीआई ने कहा है कि ऋणों पर ब्याज की वार्षिक दर आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत से घटकर आठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हो गई है पिछले सत्रह महीनों में भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार ब्याज दरों में कमी की है बैंक ने तीस लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर भी दस आधार अंकों की कटौती की है इससे आवास ऋण पर ब्याज की दर अब आठ दशमलव छह प्रतिशत से आठ दशमलव नौ प्रतिशत के बीच रहेगी

आज का अधिकतम तापमान एकतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया